गोलाबारी में देहरादून निवासी लांस नायक संदीप थापा शहीद उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के चार धामों को नौ सौ किलोमीटर लंबी सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ने की चार धाम राजमार्ग परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है

शीर्ष न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले के फैसले को संशोधित करते हुए नई उच्चाधिकार समिति गठित करने को कहा है न्यायालय ने कहा कि समिति समूची हिमायल घाटी पर चारधाम परियोजना से पड़ रहे प्रभाव का आंकलन करेगी बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रिस्पना और बिन्दाल नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों में तेजी लाने को कहा है

देहरादून में आयोजित रीवर फ्रन्ट डेवलपमेंट योजना से सम्बन्धित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना और बिन्दाल नदियों का पुनर्जीवित होना इन नदियों के साथ ही देहरादून के भी व्यापक हित में है उन्होंने कहा कि इन नदियों को उनके पुराने स्वरूप में लाना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने उम्मीद जताई कि इन नदियों के उपचार से शहर के पर्यावरण में भी सुधार होगा श्री रावत ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बातचीत कर इस योजन की डीपीआर को पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाए बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि के चिन्हीकरण और उन पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के भी निर्देश दिये पुलिस टिकटॉक उत्तराखंड पुलिस ने हाल ही में शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के साथ हाथ मिलाया है यह साझेदारी राज्य के नागरिकों के साथ सीधे संपर्क बनाते हुए सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिये की गई है उत्तराखंड पुलिस विभाग ने यह कदम केरल पुलिस विभाग के टिकटॉक के साथ जुड़ने के बाद उठाया है टिकटॉक अकाउंट के जरिये पुलिस ऐसे वीडियोज बनाकर पोस्ट करेगी जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर युवाओं के बीच जागरूकता फैलायेंगे महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को सड़क सुरक्षा साइबर सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने वाले वीडियोज को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करके खुशी होगी वहीं भारत में टिकटॉक के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नितिन सलुजा ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा गौरतलब है कि टिकटॉक धीरे धीरे विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए देश की पुलिस बल की एक आवाज बनकर उभर रहा है और साथ ही यह नागरिकों द्वारा अलर्ट्स और अवेयरनेस वीडियोज शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म भी है सर्मथन कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की पाकिस्तान की कोशिशें कल उस समय बुरी तरह विफल रहीं जब सुरक्षा परिषद के अधिकतर स्थायी सदस्यों ने बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक में भारत का समर्थन किया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक चीन के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के मुद्दे पर विचार के लिए बुलाई गई थी बैठक में पांच स्थायी सदस्यों और दस अस्थायी सदस्यों ने हिस्सा लिया सिर्फ चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्यों ब्रिटेन फ्रांस रूस और अमरीका का कहना था कि कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशो को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को सही ठहराये जाने और उनकी सराहना होने पर भारत ने संतोष व्यक्त किया है

उन्होंने कहा कि इसका कोई बाहरी आयाम नहीं है पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कश्मीर की चिन्ताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं जो वास्तविक स्थिति से बहुत अलग है उन्होंने कहा कि कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले आतंक का अंत होना जरूरी है मौसम अगले दो दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है

विभाग ने हरिद्वार टिहरी चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण भूस्खलन के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर यातायात अवरूद्ध हो रहा है

चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विभिन्न स्थानों पर हो रहे भूस्खलन के कारण तीर्थयात्रा प्रभावित हो रही है इस बीच आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला राज्य के कई हिस्सों में आज मौसम सुहावना बना रहा तो कई स्थानों पर बारिश होने की भी खबर है राजधानी देहरादून में कुछ स्थानों पर दोपहर के समय छुटपुट बारिश हुई शहीद जम्मू कश्मीर में सीमा पर गोलाबारी में उत्तराखण्ड के जवान लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए हैं वे मूल रूप से देहरादून के बड़कली दुधली के रहने वाले थे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में रिहायशी इलाकों और अग्रिम चौकियों पर अकारण और अंधाधुध फायरिंग की पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह लगभग साढ़े छह बजे मोर्टार से गोले दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी की भारतीय सेना ने भी इस गोलाबारी का माकूल जवाब दिया सीता पर्यटन सर्किट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत पौड़ी के फलस्वाड़ी गांव में सीता मन्दिर और समाधी स्थल के साथ ही देवल के लक्ष्मण और वाल्मिकी मन्दिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है इसके अलावा देवप्रयाग के रघुनाथ मन्दिर को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा इसी सिलसिले में गढ़वाल कमिश्नर और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर फल्स्वाड़ी के सीता मंदिर वाल्मिकी मंदिर और देवप्रयाग के रघुनाथ मन्दिर का निरीक्षण किया गढ़वाल कमिश्नर ने गांव के लोगों के साथ विचार विमर्श कर इस क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए सहयोग करने की अपील की उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाए हैं कार्यशाला गोविंद बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान ने नैनीताल के राजकीय इण्टर कॉलेट पटवाडांगर में जैव विविधता और इसके संर्वधन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की इसमें छात्रों को जैव विविधता से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी दी गई कार्यशाला में विद्यार्थियों को नर्सरी और वृक्षारोपण तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया गया निशुल्क प्रशिक्षण रूद्रप्रयाग जिले में सितंबर के महीने में शुरू होने वाले यंग फॉर्मर स्कूल के आवेदन प्रपत्र सभी आगनबाड़ी केंद्रो न्याय पंचायत प्रभारियों और उद्यान सचल दल में उपलब्ध हैं

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने बताया कि प्रशिक्षक और प्रशिक्षण सामग्री का निर्धारण कृषि एंव उद्यान विभाग द्वारा किया जाएगा जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग यंग फार्मर प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर लाभ अर्जित करें प्रेस वार्ता राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष के बच्चों को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत सप्ताह में दो दिन दूध पिलाया जाएगा